प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया विश्वकर्मा और गोवर्धन पूजा का पर्व विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन नगर परिषद के सौ सफाई कर्मचारियों को किया सम्मानित भाईदूज के उपलक्ष्य पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाए मेंट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धर्मशाला

नई दिल्ली में आज उनसे भेंट करने गए मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी और अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार को प्रधानमंत्री ने प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को सुदृढ करने के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता देने का भी आश्वासन दिया इस दौरान मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री को ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की तैयारियों से अवगत करवाया प्रधानमंत्री ने राज्य में और ॅअधिक निवेश करने के सुझाव देते हुए पर्यटन कौशल विकास बागवानी और अन्य उद्योग आधारित संसाधनों पर ध्यान देने की बात भी कही जाग रूकता सप्ताह केन्द्रीय सतर्कता आयोग आज से दो नवम्बर तक सतर्कता जागरूकता सप्तााह आयोजित कर रहा है ताकि लोगों के सहयोग से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्य निष्ठा को बढ़ावा मिले सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय निष्ठावान जीवन शैली रखा गया है आयोग ने कहा है कि इस विषय से समाज के सभी वर्गो विशेषकर युवाओं को नैतिक आचरण का पता चलेगा और ईमानदार भेदभाव रहित व भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाया जा सकेगा विश्वकर्मा विश्वकर्मा दिवस आज प्रदेशभर में ध्मधाम से मनाया गया इस अवसर पर विश्वकर्मा अनुयायियों ने हवन यज्ञ कर अपने अस्त्रों शस्त्रों की पूजा की और भंडारों का भी आयोजन किया विश्वकर्मा तकनीक के देवता माने जाते हैं मान्यता है कि उन्होंने ही हाथ के हुनर से लोगों को कार्य करना सिखाया

वहीं गोवर्धन पूजा का त्यौहार भी आज प्रदेशमर में हर्षोल्लास से मनाया गया इस मौके पर गाय बैलों की प्रजा की जाती है इंस पर्व को कुल्लू में अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है इस दिन नई फसल को पकाकर इसका भोग भगवान रघ्नाथ जी को लगाया जाता है भगवान रघ्नाथ जी के प्रथम सेवक महेश्वर सिंह ने बताया कि सबसे पहले गाय को खाना खिलाया जाता है और बाद में भंडारे का आयोजन कर लोगों में प्रसाद बांटा जाता है

उन्होंने कहा कि नई सड़कों के निर्माण से क्षेत्र में विकास को नई गति भिलेगी वीरेंद्र कंवर ने थानाकलां में आज जनसमस्याएं सुनने के मौके पर ये बात कही

मुख्य अग्निशमन अधिकारी जेसी शर्मा ने ंशिमला में बताया कि ये घटनाएं पट्टाखों और शॉट सर्किट की वजह से हुई है उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हुई अग्निकांड की इन घटनाओं पर दमकल विभाग के कैर्मियों ने समय पर काब पाया जिससे कोई बडी दर्घटना नहीं हई है वहीं आईजीएमसी शिमला के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक राज ने बताया कि दीपावली की रात आग से जलने के आठ मामले सामने आए है

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन शहर को स्वच्छ बनाने के लिए उत्कष्ट कार्य करने वाले नगर परिषद के लगभग सौ सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया नाहन में आयोजित एक ं कार्यकम में आज उन्होंने कहा कि शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाए रखने में स्वच्छता ग्रही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं राजीव बिंदल ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सभी का नैतिक दायित्व है और इसके लिए जनसहभागिता बेहद जरूरी है उन्होंने कुड़े कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने व लोगों से पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने की अपील भी की

इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने प्रदेशवासियों को श्मकामनाएं दी है राज्यपाल ने अपने बघाई संदेश में कहा कि भाई बहन के स्नेह का ये पर्व समाज में एकता व भाईचारा लाने में सहायक सिद्ध होता है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भाई द्ज का त्यौहार जहां भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है वहीं समाज में प्रेम व स्नेह का संदेश भी देता है भाईदूज के मौके पर कल प्रदेश में महिला कर्मचारियों के लिए अवकाश रहेगा इस दौरान महिलाओं को राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा भी मिलेगी

कांगडा जिला में शाहपुर के बोह में आयोजित दो दिवसीय खेल कृद प्रतियोगिता समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि खेलों से शारीरिक व मानसिक विकास के साथ साथ विपरीत परिस्थितियों में जूझने की क्षमता का निर्माण भी होता है सरवीण चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है इस अवसर पर उन्होंने विजेताओं को पुरस्कृत भी किया मुकेश अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर इन्वेस्टर मीट के जरिए लोगों की आंखो में धूल झोंकने का आरोप लगाया है एक बयान में उन्होने कहा कि सरकार प्रदेश में निवेश लाने को लेकर बिल्कुल गंभीर नही है और पुराने एमओयू को नये सिरे से किया गया है अग्निहोत्री ने कहा कि यदि सरकार ने उद्योगपत्तियों के साथ एमओयू साईन कर लिये है तो फिर इन्वेस्टर मीट की जरूरत क्यों पड़ रही है उन्होंने प्रदेश सरकार पर बेरोजगारी दूर करने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया है कुंडू मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू ने किन्नौर जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए है आज सांगला में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्ग पांच को चौड़ा करने के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए ताकि जिले के लोगों सहित देशी व विदेशी पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो बैठक में जिला उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि इस मार्ग का कार्य प्रगती पर है और इसे शीघ पूरा करने के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्गे प्रशासन को निर्देश दिए गए है पत्थर मेला शिमला के निकट धामी में आज पारम्परिक पत्थर मेले का आयोजन किया गया दो राजवंशों की परम्परा के अनुसार स्थानीय लोग कटेडू और कोठी जमोगी के नाम से दो दलों में बंट जाते हैं और एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हैं पत्थरबाजी तब तक जारी रहती है जब तक किसी एक व्यक्ति से खून नहीं निकल जाता खून निकलने के बाद उससे स्थानीय भद्रकाली माता को तिलक लगाया जाता है